वे पिछले कई दिनों से बीमार थे उनका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के गहन चिकित्सा कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सकों के दल की निगरानी में इलाज चल रहा था

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरुण जेटली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अरुण जेटली विराट राजनेता उच्च कोटि के विद्वान और विशिष्ट विधिवेत्ता थे वे शानदार नेता थे जिन्होंने भारत के लिए अविस्मरणीय योगदान दिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अरुण जेटली के निधन पर दुख जताते हुए इसे अप्ररणीय क्षति बताया स्वर्गीय अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को आज एम्स अस्पताल से उनके आवास पर लाया गया जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की श्रद्वासुमन अर्पित करने वालों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गृहमंत्री अमित शाहभाजपा कार्यकारी अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा समेत विभिन्न दलों के नेता शामिल थे कल उनके पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जाएगा स्लग अरुण जेटली जीवनी भारतीय राजनीति के विराट व्यक्तित्व पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वे नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पहली सरकार में वित्तमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी उन्होंने केन्द्रीय मंत्री के रूप में काम किया अरुण जेटली ने रक्षा कम्पनी मामलों वाणिज्य और उद्योग कानून और न्याय के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपने काम की छाप छोड़ी

अरुण जेटली के वित्त मंत्री रहते सरकार ने नोट बंदी और माल और सेवाकर जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय किये थे उनके नेतृत्व में मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में शामिल किया और आम बजट को पहली फरवरी को पेश किया जाना भी अरुण जेटली के कार्यकाल में ही हुआ जीएसटी की दरों में हुए बहुत से परिवर्तन भी उन्हीं की सफल निगरानी में हुए दिवालिया हुई कम्पनियों से जुड़ी दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी कोड भी उन्हीं को कार्यकाल में तैयार हुई अरुण जेटली ने पिछले दो दशकों से अधिक के समय में भारतीय जनता पार्टी और सरकार में महत्वपूर्ण योगदान दिया वे पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिकार रहे और दशकों तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी की रणनीति तैयार करते रहे

इनके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर बढ़ा हुआ सरचार्ज वापस ले लिया गया है और बजट से पहले की स्थिति बहाल कर दी गई है घरेलू निवेशकों पर लगने वाला सरचार्ज भी वापस ले लिया गया है कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि पूंजी बाजार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने हाल के बजट में शेयरों और यूनिटों के अंतरण से होने वाले अल्पावधि और दीर्घावधि प्रंजी लाभ पर बढ़ाए गए सरचार्ज को वापस लेने का फैसला किया है करों से संबंधित सभी आदेश और नोटिस अब केंद्रीकृत और कम्यूकटरीकृत प्रणाली के जरिये भेजा जाएंगे ताकि करदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो

उन्होंने कहा कि कंपनियों द्वारा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन करने को अब दिवानी मामला माना जाएगा फौजदारी मामला नहीं वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने ऑटो क्षेत्र में मांग बढ़ाने और आवास ऋण सस्तें करने के लिए भी कदम उठाए हैं सरकार ने स्टार्टअप और उनमें निवेश करने वालों के लिए एंजेल टैक्स के प्रावधानों को हटाने का भी फैसला किया है स्लग कैम्पा का पैसा वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार अब प्रतिप्रक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण यानी कैंपा की धनराशि राज्यों को देगी

बैठक के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सभी राज्यों को कैम्पा का पैसा दिया जाएगा स्लग श्रीकृष्ण जन्मोत्सव भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है प्रदेश में भी आज कई स्थानों पर जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं चंपावत जिले के कुछ स्थानों में भगवान श्रीकृष्ण के विभिन्न अवतरणों की झांकियों का प्रदर्शन किया गया पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों और स्कूली बच्चों ने मटकी फोड़ हास्य नाटक सड़क सुरक्षा जागरूकता लोक नृत्य आदि कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र गुंज्याल ने बताया कि जिले के सभी थानों चौकियों और यूनिटों से पुलिस कर्मियों द्वारा झांकियों का प्रदर्शन किया गया बागेश्वर में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर राधा कृष्ण की यात्राएं धूमधाम से निकाली गई स्लग मां नंदा की डोली चमोली जिले में मां नंदा की डोली विशेष वैदिक पूजा अर्चना के साथ अपने मायके कुरुड़ से कैलाश के लिए रवाना हुई इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटक भी मौजूद रहे

इस धार्मिक आयोजन में महिलाओं और बच्चों की अधिक भागीदारी होती है इस दौरान कई तरह के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं

इस दौरान शहीद के परिवारों की पेंशन कैंटीन कार्ड ईसीएचएस कार्ड से संबंधित कार्य के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण किया गया कार्यक्रम में बताया गया कि सेना शहीदों के परिवारों और उनकी समस्याओं का निराकरण करना अपना दायित्व समझती है स्लग विकास प्राधिकरण बागेश्वर जिला विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण का एक व्यक्ति के आत्महत्या किये जाने के मामले से कोई लेना देना नहीं है प्राधिकरण के अनुसार सोशल मीडिया पर बेवजह इस मामले को प्राधिकरण से जोड़ा जा रहा है प्राधिकरण के सचिव राहुल गोयल ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सोशल मीडिया में प्राधिकरण के खिलाफ कही जा रही बातें अनर्गल हैं उन्होंने बताया कि मोहल्ला कठायतबाड़ा निवासी एक व्यक्ति द्वारा बिना प्राधिकरण से नक्शा पास कराए अतिक्रमण किये जाने की सूचना मिलने पर उसे प्राधिकरण से नोटिस भेजकर वहां निर्माणाधीन अवैध काम रोक दिया गया था उन्होंने बताया कि इस आत्महत्या मामले को प्राधिकरण से जोड़ना गलत है भवन स्वीकृति का कोई आवेदन प्राधिकरण को नहीं मिला था

इन सेंटरों में आधार कार्ड बनाने के लिए सभी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं और कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी सेंटर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड बनवा सकता है या संशोधन करा सकता है

अब संक्षिप्त समाचार सांसद तीरथ सिंह रावत ने चमोली के आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया उन्होंने गोपेश्वर में प्रेस वार्ता में कहा कि आपदा प्रभावित लोगों की हर सम्भव मदद की जायेगी